खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड आज अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ की विश्वकप प्रतियोगिता का करेंगे उदघाटन राज्य सरकार ने सैनिकों और अर्द्व सैनिक बलों के शहीद सैनिकों के परिजनों और स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को दी जाने वाली सहायता और सुविधा पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इस संबंध में घोषणा की थी वहीं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढोतरी कर दी है पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रंद्वाजलि देने के लिए प्रतापगढ़ नगर परिषद ने विशेष निर्णय लिया है

प्रदेश में नये शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों में शहीदों की शौर्य गाथाएं भी पढ़ने को मिलेगी शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तको में देश के लिए शहीद होने वाले वीरों की प्रेरणास्पद शौर्य गाथाओं को सम्मिलित किए जाने का निर्णय किया गया है श्री डोटासरा ने हाल ही में कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए राजस्थान के पांच शहीदों की शहादत पर उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए यह घोषणा की थी बाद में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यक्रम निर्धारण समिति को इस संबंध में प्रस्ताव भी भिजवाया था जिसे स्वीकार करते हुए शहीदों की गौरव गाथाओं के लेखन का काम शुरू भी कर दिया गया है भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के कामकाज पर सवाल उठाते हुए हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अपील की है कि वह कुलभूषण जाधव की मृत्युदंड की सजा को समाप्त कराए क्योंकि यह उनकी कांट छांट की गई स्वीकारोक्ति पर आधारित है विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दीपक मित्तल ने कल अंतर्राष्ट्रीय अदालत से पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को खत्म कराने का आग्रह किया और जाधव को मृत्यू दंड देने से रोकने की पेशकश की

उद्योग और राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीना ने कहा है कि प्रदेश में उद्यमियों को समय पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने और उद्योगों का विस्तार करने के लिए जल्द ही नयी उद्योग नीति बनाई जायेगी श्री मीना ने कल दौसा जिले के लालसोट में आयोजित औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर मे शिरकत की और उद्यमियों की जनसुनवाई की इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्योग और रीको के अधिकारियों को राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाकर उद्योगपतियों की समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए

इस राशि से जिले में ट्यूबवेल और हैडपंप की खुदाई कराने के साथ ही पेयजल के परम्परागत स्त्रोतों का पुनरोद्वार किया जायेगा विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि पेयजल से वंचित क्षेत्रों में टैंकरों के जरिये भी जलापूर्ति की जायेगी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है

रेडियो टैग के आधार पर गोडावण के आश्रय स्थलों की पहचान और संरक्षण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल संजीत पुरोहित ने यह जानकारी दी केन्द्र सरकार ने रेलवे में एक लाख तीस हजार पदों पर भर्ती का फैसला किया है इस बारे में विज्ञापन शनिवार के साप्ताहिक रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जायेगा आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है

इसे देखते हुए विकास शांति और समन्वय में स्थानीय भाषाओं के योगदान को मातुभाषा दिवस का विषय बनाया गया है प्रदेश में पिछले तीन दिन के बाद स्वाइन फ्लू ने फिर जोर पकड लिया हैं

इस बीच अलवर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गये हैं स्वास्थ्य विभाग के दल ने जिला कलेक्टर के आवास पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को टेमीफ्लू दवा दी

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा केन्द्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ आईएसएसएफ की विश्व कप प्रतियोगिता का उदघाटन करेंगे